प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र् का कल हुआ समापन राजधानी लखनऊ में आज से दो दिवसीय युवा कुंभ का किया जा रहा है आयोजन

ये सम्मेलन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निकट टेंट सिटी में आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी तीन दिन का सम्मेलन गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शुरू हुआ था सम्मेलन में जाने से पहले श्री मोदी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए और भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लम भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की श्री मोदी ने देशवासियों से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की यात्रा करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर विभागों में भर्तियॉ की जा रही हैं उन्होंने कहा कि एक वर्ष में एक लाख से ज्यादा भर्तियाँ हुई हैं श्री योगी ने कहा कि समी भर्तियाँ पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की जा रही हैं कहीं भी किसी तरह की हेराफेरी नहीं हई है श्री योगी कल विधानसभा में रोजगार से संबंधित एक प्रश्न पर अपना वक्तव्य दे रहे थे श्री योगी ने कहा कि विमागों में भर्तियों का काम स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और इनमें सरकार द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है भर्तियों में सरकार ने साक्षात्कार खत्म करके धाधली को पहले ही बंद कर दिया है उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी विमाग में भर्ती में शिकायत पाये जाने पर उसके लिये आयोग जिम्मेदार होगा उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर जिले में दो सगे भाइयों के अपहरण की घटना में अपराधियों द्वारा एक बच्चे की हत्या किये जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत बालक प्रियान्सु के परिजनों को पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है साथ ही घायल बालक के उपचार के लिये दो लाख रूपये की मदद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये श्री योगी ने लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर पहुंच कर घटना में घायल बच्चे का हालचाल लिया और चिकित्सकों को उसका समुचित इलाज करने के निर्देश दिये उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि घरेलू कार्मिकों के पुलिस सत्यापन का प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाये गौरतलब है कि सुल्तानपुर के कटका बाजार क्षेत्र से परसों दो सगे भाइयों का स्कूल से लौटते समय अपहरण कर लिया गया था और पचास लाख रूपये की फिरौती मांगी गई थी पुलिस की अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने एक बच्चे को मार दिया था तथा दूसरा घायल हो गया इस मामले में पुलिस ने चार अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है घायल बच्चे का लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमासेन्टर में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की जयन्ती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह समय रहते समी आवश्यक व्यवस्थायें जुटा लें श्री योगी ने कहा कि श्री वाजपेयी जी ने देश मे सुशासन की आधारशिला रखी थी इसलिये उनके सम्मान में उनकी जयन्ती पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनायी जाती है उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मध्यम से अधिक से अधिक पात्र जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाये श्री योगी ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी विकास खंडों में वृद्वावस्था निराश्रित विघवा तथा दिव्यांग पेंशन के संबंध में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इन शिविरों में राशन कार्ड तथा आय्ष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कार्डो का भी वितरण किया जाय प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई विधानसभा का यह शीत कालीन सत्र अट्ठारह दिसम्बर को श्रू हक्षा था चार दिन तक चले सत्र के दौरान कल सरकार के चालू वित्त वर्ष के लिये दूसरे अनपूरक बजट को पारित किया गया कल सदन में बिजली कृषि कानून व्यवस्था और रोजगार के मुददे छाये रहे इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने कई बार बहिर्गमन किया बाद में सदन में कल के लिये निर्धारित एजेंडा पूरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष हदयनारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी विघानसभा अध्यक्ष हदयनारायण दीक्षित ने बताया कि सत्र के दौरान छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये चार उपवेशनों में ग्यारह घंटे चालीस मिनट सदन की कार्यवाही चली कुल एक घंटे अट्ठारह मिनट सदन बाधित रहा सत्र के दौरान छिहत्तर अल्पसूचित प्रश्न एक हजार दो सौ तैंतीस तारांकित प्रश्न और नौ सौ उन्सठ अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुये शहरी विकास मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ आवास की मांग की तुलना में पैंसठ लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है आकाशवाणी के साथ एक विशेष मेंट में उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आवास कोष बनाया गया है पैसे का मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमने करीब अ हजार करोड़ रुपए हम लोग राज्यों को दे चके हैं और बड़ी अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये प्लैगशिप स्कीम है एक विजन के तौर ये हम काम कर रहे हैं

तो हम बजट के अलावा एक्सट्रा बजटिंग रिसोर्सिज भी कर रहे हैं प्रदेश में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंम दो हजार उन्नीस से पहले विचार कुंभों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है इस क्रम में जहां महिला क्म का आयोजन वृदावन में किया जा चका है वहीं आज से राजधानी लखनऊ में युवा कुम का आयोजन किया जायेगा दो दिन तक चलने वाले इस कुम में देश भर से विमिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ ही युवाओं की भागीदारी होगी कार्यक्रम के संयोजक शतरूद्र प्रताप ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि युवा कुंभ के श्रूआती कार्यक्रम इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में होंगे जबकि मुख्य आयोजन स्मृति उपवन में होगा

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पैरलर सैराव चलेंगे दो से चार का समय रहेगा इसमें शिक्षा है उद्यमि है प्रोफेशनल है सामाजिक है आधनिक समय में भारतीय परम्परा जिनके अमित त्रिपाठी जी प्रख्यात साहित्यकार उन्हीं के साथ होगा सम्पूर्ण लोग उसी में भग प्रतिभग करेंगे

माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय और डॉ कृष्ण गोपाल जी के हाथों युवा कुम का दस बजे औपचारिक उदघाटन होगा प्रदेश सरकार होमगार्ड सहित अन्य स्वयं सेवी कर्मियों की समस्याओं के प्रति संजीदा है और उन्हें हर संमव मदद दे रही है संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कल एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में नबे हजार होमगार्ड हैं और उन्हें अब पूरे माह इय्रटियॉ दी जा रही हैं उन्होंने बताया कि होमगार्डों का मानदेय तीन सौ पचहत्तर से बढ़ाकर पाच सौ रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है उन्होंने कहा कि होमगार्डो के पिछली सरकार के इकहत्तर करोड़ रूपये बकाया का श्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने भुगतान कर दिया है